सारण भोजपुर कटिहार और किशनगंज में भी भारी बारिश कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त

मॉनसून के फिर से सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश हुई है भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है उत्तर और पूर्वी बिहार के कई इलाकों में अत्याधिक बारिश रिकार्ड की गयी है सबसे अधिक दो सौ छब्बीस मिलीमीटर वर्षा अररिया जिले के फारबिसगंज में दर्ज की गयी वहीं सारण जिले के नगरा में एक सौ तिरासी मिलीमीटर भोजपुर जिले के बड़हरा में एक सौ छप्पन मिलीमीटर जबकि कटिहार के बलरामपुर और किशनगंज जिले के टेढ़ागाछी में एक सौ चौवालीस मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी चंपारण शिवहर सीवान गोपालगंज सीतामढ़ी सुपौल दरभंगा मध्रबनी अररिया किशनगंज समस्तीपुर कटिहार पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान है इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है इसके मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने बारिश के समय लोगों से खुले में नहीं जाने की अपील की है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि सताईस सितम्बर तक राज्य में मॉनसून सक्रिय रहेगा इधर लगातार हो रही बारिश से अधिकांश नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है गंडक बागमती महानंदा परमान कनकई नदियों में उफान के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है वाल्मिकी नगर गंडक बराज से आज चार लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है इसे देखते हुए बाढ़ से प्रभावित गोपालगंज और सारण जिले के निचले इलाकों में फिर बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है इधर कनकई नदी के धारा बदलने से किशनगंज जिले के दिघल बैंक प्रखंड क्षेत्र के कई घर बाढ़ के पानी में डूब गये हैं परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से चालीस सेंटीमीटर ऊपर है अररिया जिले में नूना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सिकटी प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति हो गयी है वहीं महानंदा नदी का जलस्तर पूर्णिया जिले के ढेंगरा घाट में लाल निशान को पार कर गया है बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर में और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर चला गया है शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी में उफान के कारण बेलवा में शिवहर मोतीहारी स्टेट हाईवे संख्या चौवन के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है इसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप्प हो गयी है सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी में भीखा गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है इधर जिले में रातो नदी में उफान के कारण चोरौत भिट्ठा मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ चार पर दो फीट से ऊपर बाढ़ का पानी बह रहा है वहीं मधुबनी जिले में बाढ़ की आशंका को देखते हुए कमला नदी के आठ फाटकों को खोल दिया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को तंदुरूस्ती का एक मंत्र दिया जिसका नाम है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज उन्होंने लोगों से फिट और स्वस्थ रहने के लिए इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया साउंड बाईट फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज इस मंत्र में समी का स्वास्थ्य समी का सुख छिपा हुआ है फिर चाहे वो योग हो या बेडमिंटन हो टेनिस हो या फुटबॉल हो जो भी आपको पंसद आए कम से कम तीस मिनट रोज कीजिए प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस एक्सपर्ट और लोगों को तंदुरूस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाली जानी मानी हस्तियों से वार्ता की इस संवाद में भाग लेने वाले लोगों ने तंदुरूस्ती तथा स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकोल की भी शुरूआत की श्री मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली अभिनेता मिलिंद सोमन फुटबॉल खिलाड़ी अफशान आशिक और अन्य जानी मानी हस्तियों के साथ बातचीत की प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की साउंड बाईट आज का ये डिस्कशन हर आयु वर्ग के लिए और मिन्न भिन्न रुचि रखने वालों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा फिट इंडिया मूवमेंट की फर्स्ट एनीवर्सरी पर मैं समी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं एक साल के भीतर भीतर ये फिटनेस मूवमेंट मूवमेंट ऑफ पीपल मी बन चुका है और मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बन चुका है देश में हेंत्थ और फिटनेस को लेकर निरतर अवेयरनैस में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और एक्टिवनेस भी बढ़ी है श्री मोदी ने कहा कि विश्व के कई देशों ने तंदुरूस्ती के बारे में अनेक लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने लिए कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जर्मनी ब्रिटेन और अमरीका जैसे कई देशों में व्यापक स्तर पर फिटनेस अभियान चलाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आमतौर से अभिभावक हमें सभी अच्छी आदतें सिखाते हैं लेकिन तंदुरूस्ती के मामले में ऐसा नहीं है स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए युवा अपने अभिभावकों की मदद कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कोविड उन्नीस संकट के दौरान हमें फिट इंडिया मूवमेंट के प्रभाव और इसकी उपयोगिता का ज्यादा अनुभव हुआ साउंड बाईट फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना एक साल एक ऐसे समय में पूरा किया है जिसमें करीब करीब छह महीने अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन के बीच हमें गुजारा करना पड़ा है लेकिन फिट इंडिया मुवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जिंतना कुछ लोगो को लगता है थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार सताईस सितम्बर को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन के यू ट्यूब चैनलों पर भी इसका प्रसारण सुना जा सकता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दो हजार अठारह उन्नीस के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस प्रस्कार प्रदान किए एनएसएस पुरस्कार बयालीस विजेताओं को तीन विभिन्न श्रेणियों विश्वविद्यालय एनएसएस इकाई और उनके कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रदान किए गये अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य सेवा से शिक्षा प्रदान करना है साउंड बाईट सेवा के द्वारा युवा स्वयं सेवकों के चरित्र का निर्माण तथा व्यक्तित्व का विकास होता है स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्वपूर्ण अंग है इस योजना का आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू इसका भाव है अपने हित कॉ जगह दूसरे के हित पर ध्यान देना

श्री कोविन्द ने कहा कि ये बड़े हर्ष का विषय है कि कई तकनीकी संस्थानों महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लगभग चालीस लाख युवा छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर राष्ट्र और समाज की सेवा कर रहे हैं

इस वैश्विक महामारी के विरूद्व संघर्ष में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने क्वारंटीन के दौरान लोगों तक खाद्य सामग्री एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं पहंचाने में योगदान दिया है

पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र नीरज कुमार को भी यह प्रस्कार प्रदान किया गया पटना के बहादुरपुर गुमटी और राजेन्द्र नगर क्षेत्र में झुग्गी बस्तियों में बच्चों को पढ़ाने रक्तदान और एड्स जागरूकता के क्षेत्र में काम करने के लिये नीरज कुमार को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया गया कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद में पारित कृषि विधेयक क्रांतिकारी सिद्ध होंगे उन्होंने कहा कि कानून में परिवर्तन लाए बिना किसानों का कल्याण संभव नहीं था साउंड बाईट ये ऐप उसको मंडी के बाहर भी अपनी मर्जी के मुताबिक भाव में अपना उत्पादन बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है एपीएमसी मंडियों में टैक्स लगता है हमारा जो विधेयक है इसके माध्यम से एपीएमसी प्रमाइसिस के बाहर जो किसान पेड करेगा उस पर न तो राज्य का टैक्स लगेगा और न केन्द्र का टैक्स लगेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कृषि विधेयकों को पारित कराए जाने के दौरान विरोध करने के बाद मॉनसून सत्र का बहिष्कार करने के लिए विपक्षी सांसदों की आलोचना की है साउंड बाईट विपक्षी दलों का राजनीति दिशाहीन हो गई है क्योंकि जब उनका अधिकार था संसद में बैठने का ़ बोलने का अपनी राय जताने का तो वो अधिकार उन्होंने छोड़ दिया वॉकआउट किया और बाहर जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे है

वो पार्लियामेंट में बोलने के लिए हैं इतने महत्वपूर्ण किसान विधेयक हुआ उसमें चर्चा भी हुई जिस तरह से विपक्ष पेश आया वो शर्मसार कर दिया उन्होंने राज्यसभा को भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज राज्य के शिक्षकों और विभिन्न युवाओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की श्री सिंह ने इस दौरान एनडीए के नेतृत्व में किये गये विकास कार्यों की जानकारी दी महागठबंधन में विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तेवर उग्र हो गये हैं रालोसपा सीटों के तालमेल पर राजद और कांग्रेस पर जल्द फैसला लेने के लिये दबाव बना रही है इसे लेकर पार्टी की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आज पटना में पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद श्री कुशवाहा ने कहा कि पार्टी और कार्यकर्ताओं के हितों को देखते हुए आगे कोई फैसला किया जायेगा इधर कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव की तैयारियों को लेकर पटना स्थित प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की विधानसभा चूनाव में अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयू के बूजूर्ग तथा दिव्यांग मतदाता डाक मत पत्र के जरिये अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में पंजीकृत ऐसे योग्य मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिये वोट डालने की अनुमति दे दी है अभी तक केवल सर्विस वोटरों को ही यह अधिकार दिये गये थे जमुई जिला प्रशासन ने विधानसभा चूनाव के लिये खैरा प्रखंड की बेबी कुमारी को चुनाव आयोग का जिला आयकन बनाया है बेबी कुमारी गांवों में गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही हैं अररिया जिले में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने को लेकर आज भारत और नेपाल के अधिकारियों की बैठक जोगबनी स्थित इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर हुई दोनों ओर से सीमा पर गश्ती और जांच अभियान में तेजी लाने पर जोर दिया गया राज्य के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के एक हजार दो सौ तीन नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख चौहत्तर हजार दो सौ छियासठ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक एक सौ बानवे मामले पटना जिले में सामने आये हैं नालंदा में पचासी मुजफ्फरपुर में पैंसठ अररिया में संतावन पूर्णिया में चौवन और मधुबनी में बावन मामलों की पुष्टि हुई है राज्य के अन्य जिलों से भी संक्रमण के कई नये मामलों की पहचान हुई है विभाग के अनुसार प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या तेरह हजार छह सौ सतासी है वहीं महामारी से राज्य में अब तक लगभग एक लाख साठ हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि आठ सौ अठहत्तर लोगों की मृत्यु हुई है

सारण भोजपुर कटिहार और किशनगंज में भी भारी बारिश कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त